प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से तीन अफ्रीकी देशों रवांडा युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की पांच दिनों की यात्रा पर है विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रवांडा की यह पहली यात्रा है श्री मोदी अपने प्रवास के दौरान वहां के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ शिष्ट मंडल स्तर की वार्ता करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे

अपने दौरे के अंतिम चरण में श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाएंगे जहां व ब्रिक्स देशों के दसवें सम्मेलन में भाग लेंगे सम्मेलन में मुख्य रूप से विकास स्वास्थ्य और टीकाकरण तथा शांति बहाली के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गो के लोगों के लिए जनकल्याणकारी गरीबी उन्मूलक और रोजगार परक योजनाएं संचालित कर रही है श्री योगी आज एटा जनपद में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे इस अवसर पर उन्होंने मॉडल प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पाठ्य प्रस्तकें और बैग वितरित किये पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया

अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि यहां किसानों को तीन सौ उन्वास करोड़ रूपये ऋणमाफी योजना में दिये गये हैं ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख ग्यारह हजार से अधिक शौचालय तथा शहरी क्षेत्र में तीन हजार तीन सौ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है प्रधानमंत्रो योजना के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में छह हजार एक सौ से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग छब्बीस हजार महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किये हैं सरकार ने पांच सौ छब्बीस मजरों का विद्युतीकरण कराया है मुख्यमंत्री ने कल जनपद में दो सौ चौरासी करोड़ रूपये की उन्सठ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था उन्होंने एटा जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत घंघरू घंटी उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कही गाजियाबाद जनपद में पांच मंजिला निर्माणाधीन भवन के धराशायी होने के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पांच सुपरवाइजरों को निलम्बित कर दिया है यह कार्रवाई मेरठ मंडल के मंडलायुक्त अनीता मेश्राम की रिपोर्ट के आधार की गई उन्होंने प्राधिकरण के दोषी अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की संस्तुति की है गौरतलब है कि कल गाजियाबाद में यह इमारत धराशायी हो गई थी जहां मलबे से बचाव और राहत कार्य जारी है अब तक मलबे से दो लोगों के शव निकाले गये हैं केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वीकेसिंह ने कल सांय दुर्घटना स्थल का दौरा किया पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है

उन्होंने बताया कि अब तक नौ लोगों को बचाया जा चुका है जिनमें से छह को दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए भती कराया गया है इस मामले में बिल्डर्स सहित तीन लोगों के नाम पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के मंडलायुक्त को घटना के जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत के गिरने की यह दूसरी घटना है हाल ही में ग्रेटर नोएडा दो बहुमंजिली इमारतों के गिरने से नौ लोगों की जाने गई थी उधर शामली के कैराना क्षेत्र में ईदगाह रोड पर वर्षा के कारण एक भवन के गिर जाने से माँ बेटे की मौत हो गई साथ ही तीन अन्य मलबे में दब गये जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका

श्री गोयल ने कहा कि कानून कमजार होने की वजह से पिछली सरकारे कथित बड़े ऋणों की वसूली समय पर नहीं कर सकी जिससे ड्रबे ऋणों की समस्या बढ़ गई विधेयक पेश करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश का बैंकिंग क्षेत्र इस समय बड़े संकट से जूझ रहा है और सब जानते हैं कि यह संकट कैसे पैदा हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपन विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं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

उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में ढाई सौ की जनसंख्या वाले गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टेट मार्गो से जोड़ा जायेगा उन्होंने मिर्जापुर में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में पच्चीस नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं उन्होंने कहा कि राज्य में दो हजार एक की जनगणना के अनुसार उन सभी गांवों का जिनकी जनसंख्या ढाई हजार थी उन्हें पहले ही राजमार्गो से जोड़ने के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है श्री मौर्य ने बताया कि राज्य मे नई तकनीक से मार्गो का निर्माण कराया जा रहा है जिससे समय और लागत में कमी आ रही है

प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में हवाई सेवाओं के उपयोग में तीस से इकतीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है

उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान न केवल लोगों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी वरन यह एक भव्य आयोजन होगा

इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं

जब से हमारी सरकार आई है हम लोगों ने काम किया

कुंभ के दौरान इलाहाबाद आने वाले लोगों को हवाई यात्रा सुगम देंगे एयरपोर्ट अच्छा देंगे ही देंगे

इस अवसर पर बोलते हुए श्री नाईक ने कहा कि अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में असंतोष का जनक की उपाधि दी थी श्री तिलक ने गीता रहस्य जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखन किया

उन्होंने अंग्रेजों के हाथों नहीं मरने की शपथ लेते हुए अपना आत्म बलिदान दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता के प्रति समाज के सभी वर्गो के मन में आग्रह पैदा करने का आह्वान किया है लखनऊ में आज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का श्रभारम्भ करते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों सहित समाज के सभी वर्गो संस्थाओं और संगठनों से स्वच्छता अभियान में योगदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि इस वर्ष तीस सितम्बर तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का प्रयास जारी है उन्होंने कहा कि देश के सभी जिलों में एक साथ शुरू हो रहे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण और बृहत स्वच्छता अभियान की सफलता काफी हद तक उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता पर निर्भर है